श्री मोदी ने लोगों से संयम बरतते हुये घरों में रहने की अपील की

लॉकडाउन के तहत सभी तरह के सार्वजनिक आवागमन पर रोक

पेट्रोल और रसोई गैस सेवाएं भी नहीं होंगी प्रभावित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में इक्कीस दिनों के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है कल रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने कोविड नाईनटीन के प्रकोप से देश को बचाने के लिए देशवासियों से निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हो जाने का आहवान किया है

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने का हरसंभव प्रयास करेगी

गृह मंत्रालय ने कोविड नाईनटीन के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के साथ साथ वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन दवा दुकानें उचित दर की दुकानें किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी इसके अलावा बैंक बीमा कार्यालय एटीएम दूरसंचार इंटरनेट सुविधाएं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे पेट्रोल पम्प एलपीजी और गैस रिटेल आउटलेट भी खूले रहेंगे हवाई रेल सड़क जैसी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों अग्निशमन गाड़ियां कानून और व्यवस्था तथा आपात सेवाओं संबंधी वाहन सुविधा जारी रहेगी सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठान प्रशिक्षण शोध और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे और कोई धार्मिक समागम करने की अनुमति नहीं होगी अंतिम संस्कार के मामले में बीस से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं जिला प्रशासन और ट्रेजरी बिजली पानी सफाई नगर निगम निकायों और अन्य आपातकालीन सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है ये सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे जबकि अन्य सभी कार्यालयों के कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को पूरी तरह लागू करने की निगरानी करने के लिए घटना कमाण्डर के रूप में अधिशासी मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे इधर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि तैयार और पके पकाए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जहां तक संभव हो होम डिलिवरी की सुविधा प्रदान की जाए राज्य सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी खाद्य विभाग के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि आवश्यक सामग्री वाले वाहनों का परिचालन सामान्य करने की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं उन्होंने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मूल्य निगरानी इकाई का गठन किया है इसके अलावा सरकार ने बिहार एसेंशियल आर्टिकल्स एक्ट उन्नीस सौ सतहत्तर को भी प्रभावी कर दिया है इस प्रावधान के जरिये प्रत्येक दुकानदार को दुकान परिसर में मौजूद सभी तरह की वस्तुओं और उनकी कीमत को बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा उन्होंने बताया कि दुकानों पर छापेमारी की जा रही है प्रदेश में कोविड नाईनटीन के चार मामलों की पुष्टि हुई है पटना के एनएमसीएच में भर्ती एक युवक में कल रोग की प्रष्टि हुई इधर पटना एम्स के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती तीन संदिग्धों की कल मौत हो गयी हालांकि एम्स के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया था इधर देशभर में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या पांच सौ बीस हो गयी है इसमें दस की मौत हो चुकी है जबकि उनतालीस मरीज प्ररी तरह स्वस्थ्य हो गये हैं और चार सौ सत्तर का उपचार चल रहा है पटना के आईजीआईएमएस में कोविड नाईनटीन की जांच शुरू हो गयी है नोडल पदाधिकारी एस के शाही ने बताया कि कल सात मरीजों की जांच की गयी जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और भीड़ से बचें बाईट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अकर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें

राज्य सरकार ने जीविका दीदियों को मास्क बनाने का आदेश दिया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सैनेटाईजर के निर्माण के लिए हाजीपुर की एक कम्पनी को निर्देश दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूरे देश में इक्कीस दिनों के लॉकडाउन की घोषणा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा जरूरी सामानों की कालाबाजारी रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों से जूड़ी खबरों को दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है

श्री मोदी ने लोगों से संयम बरतते हुये घरों में रहने की अपील की

लॉकडाउन के तहत सभी तरह के सार्वजनिक आवागमन पर रोक

पेट्रोल और रसोई गैस सेवाएं भी नहीं होंगी प्रभावित